मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा

सात निश्चय अभियान के दूसरे चरण को प्रभावी तरीके से किया जायेगा लागू

पटना में सबसे अधिक एक सौ अस्सी नये मामलों की पुष्टि

ठंड में तेजी से बढ़ोतरी बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री कुमार ने कहा कि वे केन्द्र सरकार के साथ मिलकर बिहार को विकास की नई ऊॅचाईयों तक पहुंचायेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से विधानसभा में उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा कि नई सरकार सात निश्चय योजना के दूसरे चरण के लिए काम करेगी जिसमें सभी विधायकों का सहयोग लिया जायेगा

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने जनादेश का अपमान किया है श्री यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार बिहार को विकसित बनाने के लिए गंभीर नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि अब तक क्यों प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका कड़ाई से प्रतिवाद किया और श्री यादव को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिपक्ष के नेता को संयमित भाषा का इस्तेमाल करने को कहा दोनों नेताओं के नोक झोंक के बीच विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया इस दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी नारेबाजी की जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आपत्तिजनक वक्तव्य की कड़ी आलोचना करते हुए उनसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा इससे पहले जदयू के विधायक और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव से अभिभाषण पर वाद विवाद की शुरूआत हुई जिसका अनुमोदन भाजपा के विधायक राणा रणधीर सिंह ने किया विधान परिषद् में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया जदयू के नीरज कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा जिसके बाद चर्चा की शुरूआत हुई राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया राजद के रामचन्द्र पूर्वे ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्यपाल के संबोधन में विकास की ठोस रूप रेखा नहीं प्रस्तुत की गयी है वहीं कांग्रेस के प्रेमचन्द्र मिश्रा ने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में उन्नीस लाख लोगों को रोजगार देने की बात नहीं की गयी है जबकि चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था चर्चा में सीपीआई के सदस्य ने भी भाग लिया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए को पूर्ण बहुमत है और यह सरकार पांच वर्षों तक चलेगी सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही नई कार्य योजना तैयार की जायेगी जिससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी इसके बाद दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर हुआ इसके बाद सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधनसभा की कार्यवाही और सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए विवाह समारोह और अन्य कार्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि ये प्रतिबंध बुधवार को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त होंगे और राज्य सरकार के आदेश तीन दिसम्बर तक लागू रहेंगे कोरोना महामारी को देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रमों में वेटर और खाना बनाने वाले समेत अधिकतम सौ लोग ही भाग ले सकते हैं वहीं श्राद्ध करने में मात्र पच्चीस लोग ही शामिल हो सकेंगे सड़कों पर बैंड बाजा और बारात पर रोक लगा दी गई है हालांकि समारोह स्थल पर इसकी अनुमति दी गई है वहीं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को विभिन्न नदियों के घाटों पर स्नान न करने की सलाह दी है ब्रज्गों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घरों में ही रहने को कहा गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छह जिले पटना बेगुसराय जमुई वैशाली पश्चिमी चंपारण और सारण में सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को पचास प्रतिशत सीमित कर दिया गया है पटना से आने जाने वाले सार्वजनिक वाहनों में पचास प्रतिशत सीट पर ही लोग अब यात्रा कर सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार की सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी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 इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा आकाशवाणी हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा प्रदेश में पछ्आ हवा के कारण ठंड में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होगी आज से राज्य भर में पछुआ हवा का असर दिखने लगा है मौसम विज्ञान पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मौसम के साफ रहने की संभावना है जिससे ठंड के प्रकोप में बढ़ोतरी होगी

इधर तमिलनाडु के ऊपर बने निवार चक्रवात के कारण पटना समेत राज्य के कई इलाकों में बादल छाये हुए हैं इसके कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है प्रदेश में कोविड उन्नीस के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ अंठानवे नये मामले सामने आये हैं इनमें से सबसे अधिक एक सौ अस्सी पटना जिले में हुई है वहीं औरंगाबाद में पचास पूर्णिया में इकतालीस मधेपुरा में उनतीस मुजफ्फरपुर में अट्ठाईस अररिया सहरसा और सारण में पच्चीस पच्चीस नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी पांच हजार पांच सौ पैंतालीस सक्रिय मामले हैं इन लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गयी है देश में तैंतालीस हजार बयासी लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या तिरानवे लाख नौ हजार सात सौ अठासी हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल कोविड से चार सौ बानवे लोगों के मरने की पुष्टि हुई इसके साथ ही मृतकों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार सात सौ पन्द्रह हो गई इस समय चार लाख पचपन हजार पांच सौ पचपन रोगियों का उपचार चल रहा हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान उनतालीस हजार तीन सौ उन्यासी लोग कोरोना से स्वस्थ हुए है देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या सतासी लाख अट्ठारह हजार पांच सौ सत्रह हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान में नेत्र संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता शर्मा ने कहा है कि कोविड उन्नीस के समय में अनावश्यक रूप से आंख और चेहरे को छूना खतरनाक है

दो गज की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है और ये भी अत्यंत आवश्यक है कि अपने आंखों को मुंह को और नाक को बार बार हाथ न लगाएं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 सरकार ने यह भी कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील रांची की एक अदालत में आज सुनवाई हुई दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया इस मामले की अगली सुनवाई के लिए ग्यारह दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी है लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग किडनी व शुगर सहित सोलह प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर जमानत की मांग की गयी है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में एकतीस सड़क और पुल परियोजनाओं के निर्माण की अपनी स्वीकृति दी है इनमें पीएम पैकेज की चौबीस और भारत माला पैकेज की सात परियोजनाएं शामिल हैं

शिवहर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने वाले चौवन स्कूलों के हेड मास्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी जिला शिक्षा अधिकारी ने दी है शेखपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की एक टीम ने नगर क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ला से कुछ दूर रातोईया नदी के किनारे छापेमारी के दौरान साठ लीटर देशी शराब लगभग चार सौ किलो जावा गूड रसोई गैस चूल्हा गैस सिलिंडर सहित कई बर्तन भी बरामद किया गया कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रुगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा

सात निश्चय अभियान के दूसरे चरण को प्रभावी तरीके से किया जायेगा लागू प्रदेश में कोविड उन्नीस के छह सौ अंठानवे नये मामले सामने आये

और राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ा ठंड में तेजी से बढ़ोतरी